प्रदेश में पैक्स चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जायेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से भूमि उपलब्ध नहीं करायेगी पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि यदि केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से जमीन की खरीद करती है तो राज्य सरकार इसमें मदद करेगी उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की हर पंचायत में प्लस टू विद्यालय खोलने की है गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा नवादा और औरंगाबाद में केन्द्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटन की मांग को लेकर पटना में आमरण अनशन पर बैठे हये हैं उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार प्याज की कीमत को कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्याज की कीमतों के बारे में सरकार चिंतित है और गृहमंत्री की अध्यक्षता में पांच मंत्रियों का एक दल इस स्थिति पर गहन विचार कर रहा है दल की एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बहुत जल्द होगी उन्होंने बताया कि मॉनसून में देरी के कारण प्याज के उत्पादन में छब्बीस प्रतिशत की गिरावट आई है केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि संतावन हजार टन प्याज का बफर स्टॉक समाप्त हो चुका है इसलिए इसका आयात जरूरी हो गया है प्रदेश में पैक्स चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जायेंगे इस चरण के तहत एक सौ पांच प्रखंडों के एक हजार तीन सौ बयालीस पैक्स का च्रनाव होगा राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार सुबह ग्यारह बजे से अपराहन तीन बजे तक प्रखंड कार्यालयों में नामांकन भरा जायेगा नामांकन की अंतिम तारीख तीस नवम्बर निर्धारित है एक और दो दिसम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और तीन दिसम्बर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा मतदान ग्यारह दिसम्बर को होगा बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज विधान परिषद में जल जीवन हरियाली मिशन पर विशेष चर्चा होगी परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने बताया कि चर्चा के बाद सरकार इस पर जवाब देगी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत आम लोगों की शिकायतों को दूर करने में कोताही बरतने वाले चार सौ अठाईस कर्मियों पर अब तक ग्यारह लाख इक्कीस हजार आठ सौ पचास रूपये का जुर्माना लगाया गया है साथ ही एक सौ इक्यावन कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री संजय कुमार सिंह ने विधान परिषद में एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी सहकारिता मंत्री राणा रंधीर ने कहा है कि आम लोगों को उचित दर पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए तीन सालों में एक सौ पचास खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बतया कि ये केन्द्र पटना नालंदा वैशाली समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में खोले जायेंगे पंचायती राज विभाग ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए मुखिया को सबसे अधिक आबादी वाले गांव के चयन का विकल्प दिया है भवन निर्माण में जमीन की उपलब्धता की आ रही बाधा को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर इक्कीस जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रंखला अब उन्नीस जनवरी को आयोजित होगी शिक्षा विभाग ने मानव श्रंखला का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए एक महीने तक राज्य भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जायेगा राज्य सरकार ने डॉक्टर देवेन्द्र कुमार शुक्ला को बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद का अध्यक्ष नियुक्त किया है उनका कार्यकाल तीन साल का होगा डॉक्टर शुक्ला भारतीय वन सेवा के अधिकारी रह चुके हैं पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र अन्तर्गत बीएन कॉलेज के पास से पुलिस ने पांच करोड़ रूपये मूल्य के नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है वरीय प्रलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान एक बैग से तेरह हजार ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली है उन्होंने बताया कि सभी तस्कर पटना के रहने वाले हैं एसएसपी ने बताया कि गिरोह के सरगना की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में निगरानी जांच ब्यूरो ने कटिहार के ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के सेवानिवृत्त कनीय अभियंता सुखदेव महतो के बिहारशरीफ स्थित मकान को जब्त कर लिया है भागलपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने पिछले दिनों इसे जब्त करने का आदेश दिया था इससे पूर्व भी कोर्ट के आदेश पर सुखदेव महतो के पटना के जक्कनपुर स्थित तीन मंजिला मकान को जब्त किया जा चुका है अदालत के आदेश पर अब उनके बाढ़ के हरनौत के बसनियामा स्थित मकान को जब्त किया जाना बाकी है पटना हवाई अड्डे से सीवान जिले के पिनरथु पंचायत के मुखिया नैमुल हक को पिस्टल की चौदह गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है प्रलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुखिया से इस बात की पूछताछ की जा रही है कि उनके पास ये गोलियां कहां से आई पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चूनाव के लिए अब तक चार प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है इनमें से दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए जबकि एक एक उम्मीदवार ने कोषाध्यक्ष और काउंसलर पद के लिए नामांकन भरा है नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है गढ़बरूआरी से सुपौल के बीच नवनिर्मित रेलखंड पर पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के मुख्य संरक्षा अधिकारी ने ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी है समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है रेलवे बोर्ड से तिथि मिलते ही ट्रेन सेवा शुरू कर दी जायेगी जयपुर से बिहार आ रही एक डबल डेकर बस के उत्तर प्रदेश के कन्नौज में द्र्घटनाग्रस्त हो जाने से चार यात्रियों की मौत हो गयी सभी मृतक सीतामढ़ी जिले के रहने वाले बताये जाते हैं हादसे में पचास से अधिक लोग घायल हुये हैं घायलों में अधिकतर दरभंगा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं सृजन घोटाले के एक आरोपी और भागलपुर स्थित इंडियन बैंक की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक तौकीर कासिम ने पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया पूर्वी चम्पारण जिले के पताही थाना क्षेत्र अन्तर्गत परसौनी कपूर गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली नवल सहनी को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार नक्सली पर चकिया के हरपुर नाग रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक को उड़ाने का आरोप है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अन्तर्गत सासामुसा इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल के पास अपराधियों ने एक दोहरे हत्याकांड के गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के सनौली में एक कैश वैन से पचास लाख रूपये लूट के मामले में फरार चल रहे इनामी अपराधी मोहम्मद शेरू ने जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया पटना के बिहटा स्थित आईआईटी परिसर में दो ठेकेदारों के बीच हुई गोलीबारी की घटना में तीन मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गये सिटी एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र अन्तर्गत पिपरा गांव स्थित एक मंदिर से अपराधियों ने अष्टधातु की सात मूर्तियां चोरी कर ली चोरी गयी मूर्तियों की कीमत करोड़ों रूपये बतायी जाती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर लिखता है आज से ठाकरे राज डिप्टी सीएम एनसीपी का और स्पीकर कांग्रेस का होगा छह मंत्री लेंगे शपथ दैनिक जागरण की सुर्खी है एनआरसी पर मुख्यमंत्री ने कहा अभी तय नहीं है पार्टी का स्टैंड हिन्दुस्तान के शब्द हैं अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चूनौती देगा प्रभात खबर ने लिखा है नये श्रम कानून में हड़ताल के लिए चौदह दिन पहले देनी होगी सूचना ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के लोक सभा से पारित होने की खबर को राष्ट्रीय सहारा पहले पृष्ठ पर जगह दी है दैनिक आज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है आर्थिक विकास की रफ्तार कमी लेकिन मंदी नहीं

प्रदेश में पैक्स चूनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जायेंगे